प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही चुनाव प्रचार में राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों ने जोर आजमाइश तेज कर दी है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी आज अजमेर जिले में आमसभा को संबोधित करेंगे श्री गांधी अजमेर जिले से कांग्रेस प्रत्याशी रिजु झनझनवाला के समर्थन में मसूदा में चूनावी सभा को संबोधित करेंगे राहल गांधी आज जालौर को रामसीन में भी जनसभा को संबोधित करेंगे जबकि कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी रामसीन में जनसभा को संबोधित करेंगे कांग्रेस की ओर से कल वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में कई स्थानों पर जनसभाए की श्री गहलोत ने जोधपुर संसदीय क्षेत्र के फलौदी तथा लोहावट में जनसभाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि देश में आज जो विकास का स्वरूप है उसमें कांग्रेस सरकारों का योगदान रहा है श्री गहलोत ने केन्द्र की मोदी सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप भी लगाया भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रभारी और केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने दावा किया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष की लहर के कारण भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग मिलकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे श्री जावडेकर कल जयपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे

इसमें केन्द्र सरकार के पांच साल के कामकाज की रिपोर्ट बनाई गई है ये जानकारी प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अरूणा राय ने कल अजमेर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी उन्होंने कहा कि चुनाव भूख गरीबी और बेरोजगारी जैसे जनता से जुडे मुददों पर लडा जाना चाहिये लेकिन यह कुछ ओर ही मुद्दो पर लडा जा रहा है उन्होंने यह भी जिक किया कि जनता के काम की योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है प्रदेश के सभी जिलों में चुनावों की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है इसी कड़ी में राजसमंद में लाईव वेबकास्टिंग से संबंधित प्रशिक्षण आयोजित हुआ इसमें वेब कास्टिंग की सहायता से मतदान केन्द्रों पर होने वाली गतिविधियों के सीधे प्रसारण से संबंधित सभी प्रकार का सैद्धांतिक और तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया

यहां पर भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच माना जा रहा है

इस अवसर पर लेफिटनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने कहा कि इस साल जैश ए मोहम्मद के कई आतंकियों के मारे जाने से घाटी में जैश का कोई सरगना नहीं बचा है उन्होंने स्थानीय युवाओं से सामाजिक जीवन की मुख्यधारा से जुड़ने का अनुरोध किया उन्होंने युवाओं से मुठभेड़ वाले स्थानों से दूर रहने को भी कहा उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यौन उत्पीड़न मामले में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को फंसाने के बारे में एक वकील के सनसनीखेज दावे को देखते हुए इस मामले की गहराई से जांच की जाएगी न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति दीपक ग्रप्ता की पीठ ने कहा कि अगर षड्यंत्रकारी इसी तरह उच्चतम न्यायिक संस्था के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम करेंगे तो न्यायपालिका का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा

बारिश और ओलावृष्टि प्रभावित जिलों में आज से दोबारा गेहू खरीद शुरू की जायेगी

उन्होंने बताया कि हाल ही में प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं की उपज और फसल को नुकसान हुआ था जिसके कारण गेहूं की चमक फीकी हो गई थी उन्होंने बताया कि समर्थन मुल्य पर गेहं खरीद के निर्धारित मापदण्डों के तहत चमकहीन गेहूं नहीं खरीदा जा सकता है

सीकर के नागवा से दुल्हन अपहरण मामले की निष्पक्ष जांच और अन्य कई मांगो को लेकर आज एक समाज के संगठनों ने सीकर बंद का आहवान किया है इसे देखते हुए प्रशासन ने कानुन व्यवस्था बनाये रखने के लिये माकुल इंतजाम किये है सीकर में आज शाम पांच बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है बंद को देखते हुए आस पास के जिलों से भी विशेष जाब्ता बुलाया गया है